ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्धि उन्होंने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री आज बंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में एक सौ सातवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश दो हजार बाईस तक कच्चे तेल के आयात में दस प्रतिशत तक कमी करने की है श्री मोदी ने कहा कि जैव ईंधन और एथेलॉन उत्पादन के लिए काम करने के इच्छुक स्टार्ट अप्स के लिए प्रचूर अवसर हैं उन्होंने कहा कि गांवो के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की आर्थिक क्षमता सीधे सीधे प्रौद्योगिकी से जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा है कि वे नए दशक के लिए देश में विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा और गति तय करने के लिए एक प्रभावी रुपरेखा तैयार करें श्री मोदी कल बंगलरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की पांच युवा प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे ये प्रयोगशालाएं भावी रक्षा प्रणाली के विकास में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काम करेंगी ईरान की कूडस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सूलेमानी ईराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे पर अमरीका के हवाई हमले में मारे गये है अमरीकी रक्षा विभाग और व्हाइट हाऊस ने इसकी प्रष्टि की है ईरान के सरकारी मीडिया ने भू जनरल कासिम सिलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की है इस हमले में कम से कम आठ लोग मारे गये है इसमें इराकी मलिशिया के अब्र महदी अल मुहान्दिस भी शामिल हैं अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा है कि उसकी सेना ने विदेशों में अमरीकी नागरिकों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यह निर्णायक रक्षात्मक कार्यवाई की है विभाग़ के बयान में कहा गया है कि इस हमले का उद्देश्य भविष्य में ईरान की हमले की योजनाओं पर रोक लगाया है ईरान के विदेशमंत्री ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया है उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके नतीजों के लिए अमरीका जिम्मेदार होगा अमरीकी हमले में ईरान के शीर्ष जनरल के मारे जाने की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आज दो प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है अरुणाचल इंडीजिनस स्टूडेंट्स यूनियन ए आई एस यू ने राज्य में रह रहे शरणार्थियों को देश के किसी प्रदेश से बाहर कही और बसाने की मांग को लेकर आज ईटानगर धरना प्रदर्शन किया इसमें राज्य के अन्य संगठनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया संघ ने राज्य के मूल नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए चकमा हाजोंग और रोहिग्या शरणार्थियों को प्रदेश से स्थानांतरित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि स्थानीय कला संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए यह जरुरी है नेशनल हैंडलूम एक्सपो आज से टेक्स्टाईल्स और हस्तशिल्प निदेशालय ईटानगर में शुरु हुआ अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट डवलपमेंट सोसायटी द्वारा राज्य के इस क्षेत्र के उद्यमियों के उत्पादों के विपणन के लिए आयोजित यह एक्सपो आगामी सोलह जनवरी तक चलेगा केंद्रीय टेक्सटाईल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पादो को प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग अपनी पसंद के अनुसार परिधानों के अलावा अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को खरीद सकते हैं त्रिप्रा में मणिप्री मेती समुदायों का प्राचीन पर्व लाई हराओवा कल शाम अगरतला में आरंभ हुआ पांच दिन के इस परंपरागत पर्व का आयोजन त्रिपुरा सरकार के सूचना और संस्कृति कार्य विभाग पुथिया लाई हराओमा समिति और पुथिबा कल्याण एवं संकृति संस्था अगरतला ने संयुक्त रुप से किया है

तागिन जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित पर्व सी दोन्यी के तहत आज नाहरलगुन में मिनी मैराथन दौर प्रतियोगिता आयोजित की गयी दोन्यी ग्राऊंड नाहरलगुन में इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले सी दोन्यी त्योहार के तहत पारंपरिक लोकनृत्य के अलावा खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं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 आज का अधिकतम तापमान सत्रह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया